विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रायशुमारी का दौर जारी कांग्रेस ने बूथ जिताओ भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान के जरिये किया जनसम्पर्क कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर विकास के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कालीन निर्यातकों के लिये बुनियादी सुविधाएं मजबूत कर रही है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल शाम वाराणसी में कार्लीन प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार कालीन निर्माताओं के लिये शोरूम और गोदाम की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करने के लिये तकनीकी और अन्य सहयोग भी मुहैया करा रही है

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ऐसे कई उपाय कर रही है जिससे बुनकरों को किसी भी तरह की वित्तीय समस्या का सामना न करने पड़े

नीति आयोग के इस वर्ष की व्याख्यानमाला का विषय है सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समावेशी विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान इसमें कई केंद्रीय मंत्री नीति निर्माता विशेषज्ञ नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे

कल जयपुर में हुई बैठक में अलवर झुन्झून नागौर ग्रामीण और शहर तथा भीलवाड़ा की सीटों के लिए चर्चा की गई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस दौरान कार्यकर्ताओं से रुबरु हुई

श्री पायलट ने कल जयपूर में पार्टी द्वारा आयोजित प्रदेशव्यापी ब्थ जिताओ म्रष्टाचार मिटाओ कार्यक्रम में कहा कि आम जनता भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है और उसने इस सरकार को हटाने तथा कांग्रेस को राज सौपने का मन बना लिया है

वे जम्मू कश्मीर के द्वास सेक्टर में भूस्खलन और बर्फबारी की चपेट में आने से शहीद हो गये थे महेश कुमार तीन साल पहले सेना में भर्ती हुये थे

इसी कड़ी में कोटा मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर जगदीश चन्द्र पालीवाल की इच्छानुसार उनके परिजनों ने उनका मेडिकल कॉलेज में देहदान किया है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मेले में देश के विभिन्न स्थानों से इस बार ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं

मिशन इन्द्रधनुष तीन चरणों में चलाया जायेगा

प्रत्येक चरण में सात दिन तक टीकाकरण किया जायेगा